स्लग शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्व है लोकसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के पूरे प्रयास कर रही है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सदस्यों की आपत्ति का जवाब देते हुए श्री निशंक ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का मसौदा सार्वजनिक किया गया है ताकि लोग इस पर सुझाव दे सकें

आज मॉनूसन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी घोषणा की आज सदन में स्वर्गीय प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनकी राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष रुचि थी उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों में से किसी राज्य का सबसे कम उम्र का विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्रकाश पंत को हासिल हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं और अन्य मामलों को प्रकाश पंत जी बड़ी गम्भीरता से सुनते थे और समस्याओं का समाधान करने का हर सम्भव प्रयास करते थे उनको याद करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए

उन्होंने कहा कि श्री पंत उत्तर प्रदेश के समय से ही उन के साथी थे और उनके जैसी छवि उन्हें किसी में नजर नहीं आती है

निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने हल्द्वानी कॉलेज कैम्पस और निर्माणाधीन ओखलकांडा पम्पिंग योजना का नाम स्वर्गीय पंत के नाम पर रखने का प्रस्ताव सदन में रखा विधानसभा सत्र की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई है साथ ही सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है

माना जा रहा है कि ये उन पर्वतारोहियों के हैं जो करीब एक महीने पहले नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई के दौरान लापता हो गये थे इनमें एक महिला भी शामिल है आठवें लापता पर्वतारोही की तलाश जारी है

इनमें ब्रिटेन के चार अमरीका के दो आस्ट्रेलिया और भारत का एक एक पर्वतारोही शामिल है आईटीबीपी ने इनकी तलाश के लिए पिथौरागढ़ से पिछले सप्ताीह अभियान शुरू किया था

मौसम विभाग के मुताबिक आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून कुमाऊं क्षेत्र के कुछ भागों में पहुंच गया है

वहीं आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई जिससे गर्मी से राहत मिली है अल्मोड़ा चंपावत नैनीताल और बागेश्वर में बारिश की खबर है किसानों के लिए बारिश सौगात लेकर आई है बागेश्वर जिले में कत्यूर घाटी समेत अन्य क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम शुरू हो गया है

मॉनसून के मद्देनजर सभी जिलों में प्रशासन तैयारियों में जुटा है उत्तरकाशी में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने छृट्टियां निरस्त करने का आदेश जारी किया है उधर हल्द्वानी में मॉनसून को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है

उन्होंने लोगों से नहरों नदी नालों से दूर रहने की अपील की है स्लग निकाय चुनाव पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर नगर पालिका के चुनाव अगले महीने आठ जुलाई को होंगे निष्पक्ष और त्रुटिविहीन चुनाव संपन्न करने के लिए आज जिला प्रशासन और निवार्चन विभाग ने मतदान कार्मियों और पीठासीन अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया

नोडल अधिकारी एम एम खान ने बताया कि पालिका चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न करने के लिए आज सभी कर्मियों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया

इसके तहत सभी नगर निकायों के वार्डो के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी स्कूली बच्चों पर्यावरण मित्रों की टीम ने घर घर जाकर लोगों के घर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके दिखाया साथ ही लोगों को सोर्स सेग्रिगेशन के लिए जागरूक किया गया स्कूली बच्चों ने लोगों को बताया गया कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ही कूड़े की गाड़ी में डाला जाना चाहिए यह बच्चे अपने अपने वार्डो की निगरानी भी करेंगे सुमेरपुर में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बच्चों के साथ खुद घर घर जाकर कड़े को अलग अलग करके दिखाया उन्होंने दुकानों में जाकर भी लोगों को जागरूक किया स्लग विधिक शिविर उत्तरकाशी उत्तरकाशी में बहुउद्देश्यीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया शिविर में सिविल जज सीडी और सचिव दुर्गा शर्मा ने बच्चों को नशे से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया साथ ही नशे से संबंधित दण्ड प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने बताया कि जिस किसी भी गरीब व्यक्ति का वाद कोर्ट में विचाराधीन है और वह वकील रखने में सक्षम नहीं है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है वकील के फीस का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है

ग्रामीण लंबे समय से भाट्सैंण कटाल्डी सोलर पंपिंग योजना बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन इस योजना को अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है